मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के तहत विशेष कटेगरी के कैदियों को जेल की अवधि को कम करके उन्हें छोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है राज्य में स्टेडियम का उपयोग खेल गतिविधियों के बजाय धड़ल्ले से अन्य उद्देश्यों से किए जाने की घटनाओ के मद्देनजर खेल स्टेडियम नियमन और राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विभिन्न खेंलो में युवाओं का प्रतिभा विकास के लिए खेल विभाग ने फुटबॉल और ताईक्कांडो के लिए प्रशिक्षक के दो दो पद और वुसू के लिए एक पद को मंजूरी दी है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान जोराम कोलोरियांग पोतिन बोपि सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एवं पासीघाट और ईटानगर स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति पर चर्चा की गई

श्री मेन ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अनुसार पावर देवलोपर द्वारा संतोषजनक प्रगति न करने पर सरकार अनुबंध को समाप्त करने में नही हिचकिचाएगा

दस मई को ईटानगर स्थित गोहपुर बाजार के निकट एक महिला एवं शिशु समेट कार दूर्घटना में लोगो को बचाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया

छात्र संघ का कहना है कि लंबे समय से जिले की इस महत्वपूर्ण बैंक में कर्मचारियों की संख्या कम होने से सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने के लिए स्थानीय लोगो को मुश्किलो का सामना करना पड़ रहा है संघ का कहना है कि व्यवसायिक गतिविधियो छात्रों और अन्य उपभोक्ताओं को बैंक ड्राफ्ट मनिट्रांसफर बैंक चालान सहित विभिन्न कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

कभी कभी समाचार को सबसे आगे देने के चक्कर में गलत सूचना या विज़ुअल चला जाता है इसी को ध्यान में रखकर फेक न्यूज इंनिसियेटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क द्वारा अरुणाचल प्रेस क्लब के सहयोग से राज्य के मीडिया कर्मियों के लिए फैक्ट चेकिंग वर्कशाप आयोजित किया गया इस अवसर पर विशेषज्ञों ने समाचार कर्मियों को फेक न्यूज की जांच के बारे में जानकारी दी

नाहरलगुण में कल इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए परिवार कल्याण निदेशक डॉ आलोक यिरांग ने बताया की इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्ष से कम आय़् के लगभग एक लाख पचहत्तर हजार बच्चों को कवर किया जाएगा

प्रत्येक मंत्रालय के लिए पांच वर्ष की योजना को अंतिम रुप दिए जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरुप ई क्यू यू आई पी को अंतिम रुप दिया गया है एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस योजना को तैयार किया गया है वरिष्ठ शिक्षाविदों प्रशासको और उद्योगपतियों के प्रतिनिधित्व वाले विशेषज्ञ समूहों ने पचास से अधिक पहल का सुझाव दिया है जिनमें उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा